भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश में कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर और अधिक गतिविधियां शुरू हो गई है

यह निर्णय स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन से विचार विमर्श कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जायेगा संस्थाओं में अभिभावक की लिखित सहमति से ही छात्र उपस्थित हो सकते हैं ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के लिये अनुमति जारी रहेगी महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को खोलने का निर्णय भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की सहमति और वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए किया जायेगा

कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक शैक्षिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रमों में अधिकतम दो सौ व्यक्तियों के लिये निर्धारित प्रतिबंधों के साथ अनुमति रहेगी यहां फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य होगी

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में कोरोना पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर में विशेष ध्यान देते हुए रिकवरी दर में वृद्धि की जाये मूख्यमंत्री ने संक्रमण के नियंत्रण में प्रभावी सर्विलांस की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि सर्विलांस गतिविधियों को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाये उन्हाने कहा कि इसके लिये इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर की व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाये

स्क्रीनिंग के लिये इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सोमीटर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिये

उन्होंने कहा कि धान क्रय करते समय किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो इसके लिये संबंधित अधिकारी धान खरीद केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करे और यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को फसल का एमएसपी के तहत मूल्य मिले

उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको सर्वे कराकर तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये

आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियानों के कारण राज्य में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है

इससे पहले यह अभियान मार्च और जुलाई माह में प्रथम और द्वितीय चरण के अन्तर्गत संचालित किये गये उन्होंने कहा कि संचारी रोगा पर प्रभावी नियंत्रण में राज्य की सफलता देश और दुनिया के लिये एक उदाहरण है

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाकर ग्राम्य विकास पंचायती राज कृषि शिक्षा महिला और बाल विकास नगर विकास जैसे विभागों के अन्तर विभागीय समन्वय से स्वच्छता और सैनिटाइजेशन तथा शुद्ध पेयजल और बीमारी के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया गया

उन्हाने कहा कि दिमागी बुखार से ग्रसित होने वालों की संख्या तथा इस रोग की मृत्युदर में राज्य सरकार के प्रयासों से काफी गिरावट आई है प्रदेश में पिछले दो सप्ताह से कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या लगातार घट रही है

लगातार स्वस्थ होने की बढ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि हाल में संसद द्वारा पारित किये गये कृषि संशोधन विधेयक देश के किसानों के लिये एक वरदान के समान है उन्होंने कहा कि इसम जहां एक ओर सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घाषित करने और सरकारी खरीद जारी रहेगी वहीं दूसरी ओर किसानों को अपने उत्पाद प्ररे देश में किसी भी व्यापारी या संस्थान को किसी भी मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता होगी तथा कृषि उत्पादों के विक्रय में एपीएमसी मंडियों द्वारा वसूल किये जाने वाले कर से भी किसानों को छुटकारा मिलेगा

बाइट आजादी के बाद जो लागातार किसानों की मांग रहती थी कि किसान की जो उपज है उसके उत्पादन का कम से कम डेढ़ गुना मिले

समाप्त